प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की दस तारीख को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताया कि नए भवन का निर्माण अगले एक सौ वर्ष की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि यह भवन आत्मनिर्भर भारत के लोकतंत्र का मंदिर होगा जिसमें राष्ट्र की विविधता परिलक्षित होगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के इस दौर में भी देश में रिकॉर्ड निवेश हुआ है और इसका अधिकांश हिस्सा तकनीकी क्षेत्र में हुआ है उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और होनहार सहयोगी के रूप में देखती है

वास्तव में भारत सरकारी और संस्थागत स्तर पर इस महामारी के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे आगे रहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़ने से हुआ है

राज्य में कल कोरोना के एक सौ छियानवें नए संकभित मिले हैं वहीं दो सौ अटठासी संकभित स्वस्थ हुए इस तरह पूरे राज्य में अबतक संक्रमण के एक लाख नौ हजार नौ सौ नब्बे मामले सामने आ चुके हैं इनमें से एक लाख सात हजार चौहतर लोग कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि इलाज के क्रम में नौ सौ अठहतर लोगों की मौत हो चुकी है फिलहाल एक हजार नौ सौ अड़तीस सक्रिय मामले हैं

राज्य में इको टूरिज्म की भा़रूआत नेतरहाट से की जायेगी इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से विस्तृत योजना बनायी गयी है इसके तहत नेतरहाट मसानजोर और डिमना लेक में इको टूरिज्म भा़रू किया जाना है बावन करोड़ रूपये की इस योजना के पहले चरण में नेतहरहाट में इको टूरिज्म भा़रू की जायेगी इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नेतरहाट पहुंचेंगे जहां वे इससे संबंधित लोके ान का जायजा लेंगे इस योजना के तहत नेतरहाट में सन राईज प्वाइट कोयल व्यू मंगोलिया प्वाइंट नेतरहाट लेक और होम स्टे की व्यवस्था है होम स्टे योजना में नेतरहाट के सिरसी में बसे गांव का चयन किया गया है

केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच छठे तथा अगले दौर की बातचीत नौ दिसम्बर को होगी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत के बाद ये बात कही हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका अब नौ तारीख को पुनः ये बैठक होगी श्री तोमर ने विरोध कर रहे किसानों से अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की है इसके पूर्व कल किसान और केन्द्र की हई पांचवें दौर की बैठक बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई

वहीं किसान संगठन कृशि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नया कानून बनाने की मांग पर अड़े रहे पाकुड़ जिले में सरकार द्वारा वन पट्टा मुहैया कराये जाने वाले ग्रामीणों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया जाएगा

प्रादे िक समाचार आप आका ावाणी रांची से सुन रहे हैं

यह एम्बुलेंस बेसिक लाईट सपोर्ट सिस्टम से लैंस रहेगा इससे गंभीर मरीजों को नजदीकी अस्पताल तक पहुचाया जा सकेगा इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरे ान लिमिटेड ने जिला प्र ाासन के साथ करार किया है कल इंडियन ऑयल कॉरपोरे ान के डीजीएम प्रमोद रंजन ने रेलवे को एम्बुलेंस सुपुर्द किया

इस एम्बूलेंस में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहेगी

साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में विधायक लोबिन हेम्ब्रम द्वारा निबंधित श्रमिकों के बीच पैंट शर्ट और साड़ी का वितरण किया गया उन्होंने योजना के तहत अधिक से अधिक मजदूरों ग्रामीणों को जोड़ने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन होना चाहिए श्रम अधीक्षक संजय आनंद द्वारा श्रमिकों को निबंधन तथा निबंधन उपरांत मिलने वाले सरकारी योजनाओं के लाभ की विस्तृत जानकारी दी और उन्हें श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं में निबंधन हेतु प्रोत्साहित किया

झारखंड से यह पुरस्कार पाने वाले श्री रणेंद्र पहले साहित्यकार हैं रणेंद्र को झारखंड के आदिवासियों के जीवन पर लिखने के लिए खास तौर पर जाना जाता है उनके पहले उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता से वे साहित्य जगत में चर्चा में आये असुर के जीवन के माध्यम से आदिवासी समाज के जीवन को एक नये नजरिये से देखा उनका दूसरा उपन्यास था गायब होता देश इसमें उन्होंने मुंडा आदिवासियों के जीवन संघर्ष को चित्रित किया है इफको के प्रबंध निदेशक डॉ उदय शंकर अवस्थी ने ट्वीट के जरिए रणेंद्र को बधाई दी है

उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें कृतज्ञ राश्ट्र श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है राष्ट्र निर्माण में डॉ आम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं गणमान्य व्यक्ति और सांसद नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में डाक्टर आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे भारतीय संविधान के जनक डॉ आम्बेडकर एक न्यायविद अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे जिन्होंने शोषित वर्गों महिलाओं और श्रमिकों के साथ भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा ट्वेंटी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज सिडनी में खेला जाएगा चोटिल ऑलराउंडर रविन्द्र जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है तीन मैचों की श्रृंखला में भारत पहला मैच जीतकर एक शून्य से आगे है

इसे एफएम रेनबो राजधानी चैनल सहित अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी इसका प्रसारण होगा और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाप्रित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से छापा है राज्य से प्रकाप्रित लगभग सभी अखबारों ने किसान और सरकारों के बीच कृशि कानून को लेकर बातचीत की खबर के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आज नेतरहाट दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रका ात किया है

प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर नेतरहाट से होगी इको दूरिज्म की भा़रूआत योजना तैयार भाीर्शक खबर को प्रमुखता से लिया है दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर ट्रायल टीके का पहला डोज लेने वाले मंत्री संकमित हुए भाीर्शक को प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने राज्य के तेईस जिलों में हुई नाममात्र की धान खरीद भाीर्शक को पहले पन्ने की सुखी बनायी है रांची एक्सप्रेस ने किसानों और सरकार बीच पांचवे दौर की वार्ता विफल भाीर्शक को पहले पन्ने की लीड खबर बनाई है अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने किसान और सरकार के बीच अब होगी नौ दिसंबर को अगली वार्ता भाीर्शक को पहले पन्ने पर लिया है